शिमला में आज राज्य पर्यावरण य संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक में उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक इकाईयों में प्रदूषण नियंत्रण के मापदण्डों को पूरा किया जाएगा मुख्यमंत्री ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ और परवाणू जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत भी बताई

शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर के यार्षिक समारोह में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल को देश के अग्रिम पंक्ति के राज्यों में गिना जाता है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विद्यार्थियों को नशे जैसी बुराई से दूर रखना अध्यापकों और अमिभायकों सहित समाज के समी लोगों का सामूहिक दायित्य है बिंदल विघानसभा अध्यक्ष राजीय बिंदल ने कहा है कि राज्य सहकारी बैंक की प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में अहम भूमिका है सिरमौर जिले के धौलाकूआं में आज राज्य सहकारी बैंक के भयन के उदघाटन अयसर पर उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की करीब एक दर्जन पंचायतों के लोग लामान्वित होंगे

उन्होंने लोगों से केन्द्र य प्रदेश सरकार द्वार चलाई जा रही योजनाओं का लाम लेने का आग्रह भी किया मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पिति जिले में सर्दियों के दौरान यिकास कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ये आज केलंग में परियोजना सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मारकंडा ने कहा कि रक्षामंत्री से रोहतांग सुरंग से आपातकालीन रिश्यति में आवाजाही की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया गया है उन्होंने ये भी कहा कि सुरंग से आवाजाही की सुविधा न मिलने पर जल्द ही हैलीकॉप्टर सेवा आरम्भ की जाएगी मुख्य सचिव प्रदेश में दिव्यांगजनों को जारी किए जाने याले विशेष विकलांगता पहचान पत्र यूडीआईडी के संबंध में पेश आ रही समस्याओं का समाधान दिसम्बर और जनवरी महीने में प्रत्येक शनिवार को किया जाएगा मुख्य सचिप श्रीकांत बाल्दी ने आज शिमला में एक बैठक में स्यास्थ्य और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में प्रदेश भर में अभियान चलाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि यूडीआईडी प्रधानमंत्री कार्यालय की फलैगशिप परियोजनाओं में से एक है जिसके तहत विशेष लोगों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाया जा रहा है

मौसम राज्य के उंचाई याले इलाकों में हिमपात और अन्य क्षेत्रों में वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है और इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि सीताराम नेगी के अनुसार जिले के उंचाई वाले बेत्रों में आज भी रूक रूक कर बर्फबारी हो रही है जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लाहौल स्पिति चम्बा कुल्लू और शिमला जिले की उंची चोटियों पर हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में आज रूक रूक कर वर्षा का क्रम जारी रहा

कांगड़ा के उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने आज शीतकालीन सत्र की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने अधिकारियों को समी आवश्यक प्रबंध पूरा करने के निर्देश भी दिए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

नमस्कार